प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना वायरस को हराने के लिए देश की सामूहिक भावना को प्रदर्शित करते हये परसो रविवार रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों की बिजली बंद करके दीए मोमबतियां जलाने और मोबाइल की फलैश लाईट जगाने का आग्रह किया है आज सुबह वीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने दीये जलाते समय लोगों को सामाजिक दूरी बनाये रखने और घर के अंदर ही रहने को कहा है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान लोगों ने अभूतपूर्व अन्शासन और सेवा भावना का परिचय दिया उन्होंने कहा कि राष्ट्र को कोरोना वायरस के कारण फैले अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना होगा प्रधानमंत्रीने कहा कि तालाबंदी के दौरान लोग घरों में है लेकिन वे अकेले नहीं है क्योकि प्रे राष्ट्र की राष्ट्र की सामुहिक ताकत प्रत्येक के साथ है

उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटियों की गूंज ने इस चूनौतीपूर्ण समय में देश के लोगों को उनकी एकता के बारे में जागरूक किया है प्रधानमंत्री के आज के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हये हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की महामारी पर रोक लगाने के लिए समय रहते जो कदम उठाये है उनके कारण भारत में अन्य देशों के मुकाबले कम नुकसान हआ है

गिरीश कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परसों रोशनी करने का आहवान किया है जिससे निष्काम भाव से सेवा में लगे लोगों का हौसला बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि देश के लोग का मनोबल बढ़ाने और सकारात्मकता फैलाने में खिलाडिय़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की अग्वाई की प्रंशसा करते हये खिलाड्रियों ने देश में सामाजिक दूरी बनाये रखने और सकारात्क का संदश फैलाने का प्रण लिया है विश्व बैंक ने भारत में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश की सहायात के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर का आपातकालीन कोष मज़ूर किया है

इस आपातकालीन वितीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को मिला रहा है इस कोष से भारत में बेहतर स्क्रीनिंग सम्पर्को का पता लगाने निजी सुरक्षा उपकरणों की खरीद और नये आइसोलेशल वार्ड कायम करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि सरकार ने पीजीआई रोहतक और खानप्र मैडिकल कालेज मे कोरोना के लिए जांच की सुविधा पहले से मौजूद है और ग्रूग्राम की पांच निजी प्रयोगशालाओं की जांच की नामित किया गया है पत्रकारवार्ता में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव विजय वर्धन और पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी मौजूद थे श्री अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश मे कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए समय समय पर मशवरे जारी किये जा रहे है और सामाजिक दूरी पर जोर दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार ने नल्हड़ आग्रोहा खानप्र कलां सहित पांच सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कालेज में कोविड अस्पताल बनाने की व्यवसथा की है उन्होंने कहा कि ग्रूग्राम फरीदाबाद आदि के ईएसआई अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है